प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपने दूसरे कार्यकाल के लिये शपथ लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में शाम सात बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को भी आमंत्रित किया गया है इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यू पी ए अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे समारोह में बिम्सटेक और अन्य पड़ोसी देशों के नेता और राष्ट्राध्यक्ष भी शिरकत करेंगे पाकिस्तान को समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है शपथग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिये बडे पैमाने पर तैयारियां की गई है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की कल श्री मोदी के साथ लंबी बैठक हुई जिसमें मंत्रिमंडल के गठन को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ

भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं में से एक अरूण जेटली ने स्वास्थ्य कारणों से मंत्री बनने से इंकार कर दिया है दिल्ली पुलिस ने यातायात के लिए एडवाइजरी जारी की है नई दिल्ली में आज शाम चार बजे से नौ बजे तक लोगों को यातायात परिवर्तन के बारे में आगाह किया गया है राजपथ पर विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक और आस पास के क्षेत्रों में यातायात आम जनता के लिए बंद रहेगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है

उन्होंने दावा किया कि ये सभी मौतें राजनीति से जुड़ी नहीं हैं बल्कि अन्य कारणो से हुई हैं ममता बैनर्जी ने कहा कि ऐसी स्थिति में वे समारोह में शामिल नहीं हो सकतीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कल जयपुर में पार्टी की प्रदेष कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हई बैठक में कार्यकारिणी ने राहल गांधी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लगातार कार्य करते रहने का प्रस्ताव पारित किया बैठक के बाद प्रदेष प्रभारी अविनाष पांडे ने संवाददताओं को बताया कि कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने राहल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर इस्तीफा वापस लेने के लिए दबाव बनाने के वास्ते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल देशमर में प्रदर्शन किया और कई प्रदेश इकाइयों ने प्रस्ताव पारित कर उनसे पार्टी अध्यक्ष बने रहने का अनुरोध किया प्रदेश के थानों में एफ आई आर दर्ज नहीं किए जाने पर अब जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफ आईआर दर्ज कराई जा सकेगी एक जून से यह सुविधा प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में उपलब्ध होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को इस व्यवस्था के लिए निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि थाने द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध नहीं करने के प्रत्येक मामले की जांच की जाए अगर मामला सही पाया जाता है तो संबंधित पुलिस कार्मिक पर विभागीय कार्रवाई की जाए उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इस निर्णय की प्रदेशभर में सख्ती से पालना की जाए प्रदेश को तंबाकू निषेध के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यो के लिए कल नई दिल्ली में पुरस्कृत किया जायेग

कल यह पुरस्कार अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ग्रहण करेंगे

अब आरएएस प्री का पहले वाला परिणाम बरकरार रहेगा इस आदेश के बाद आरपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गया है

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकेंडरी परीक्षा परिणाम अगले महीने जून के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड परिणाम जारी करने के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

झंझनू की एक अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बुधवार को सात वर्ष के कारावास कुर्ट है की सजा सुनाई

प्रदेश में चल रहे नोतपा में इस बार गर्मी के सारे रिकॉर्ड ट्रट रहे है

इधर प्रतापगढ जिले में कल देर शाम मौसम में अचानक बदलाव आने के बाद अंधड आया और बारिश हुई अंधड से बसाड गांव में कई मकानों की टीन शेड उड गई कई पेड गिर गये तेज बारिश से घरों में पानी घूस गया वहीं छोटी सादडी क्षेत्र के एक गांव में बिजली गिरने से एक किशोरी की मृत्यू हो गई चिकित्सा विभाग ने प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के मौसम में अस्पतालों में तापघात उल्टी दस्त और मौसमी बीमारियों के मरीजों की बढती संख्या को देखते हुए मोबाइल पर आम लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का अभियान शुरू किया है

ये मैसेज लोगों को दिन में तीन से चार बार मोबाइल पर दिए जा रहे हैं